एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम प्रकाश की महाशक्ति का अनुभव करते हुए उस साझा उद्देश्य को हमें प्रकाशवान करना है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से उपजे अंधकार से निकलते हुए हमें निरंतर प्रकाश और आशा की ओर बढ़ना है प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के कारण हम अपने घरों तक सीमित हैं लेकिन हममें से कोई भी अकेला नहीं है प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को देशवासियों से अपील की थी कि वे अपने घरों के बाहर दीए और मोमबत्ती जलाएं

प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि दीया जलाते समय एक दूसरे से पर्याप्त दूरी बनाए रखें घर के भीतर रहें और समूह में एकत्र न हों उन्होंने फिर कहा कि किसी भी व्यक्ति को सुरक्षित दूरी की लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं करना है इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकहा नहीं होना है रास्तों में गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है अपने घर के दरवाजे बालकनी से ही इसे करना है सोशल डिस्टेसिंग की तक्षप रेखा को कभी भी लांपना नहीं है सोशल डिस्टेसिंग को किसी भी हालत में तोड़ना नहीं है कोरोना की चेन तोड़ने का यही रामबाण इलाज है नागरिकों को सलाह दी गई है कि आज रात दीया और मोमबत्ती जलाते समय अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का उपयोग न करें क्योंकि यह अत्यधिक ज्वलनशील होता है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक परामर्श में लोगों को कहा है कि चेहरे को मास्क से ढक कर रखें और खासतौर पर घर से बाहर निकलते समय इसे पहनकर निकलें परामर्श में कहा गया है कि संक्रमण रोकने के लिए एक दूसरे से दूरी और व्यक्तिगत साफ सफाई बनाए रखना बहत जरूरी है क्छ देशों में घर में बने मास्क से चेहरा ढकना आम लोगों के लिए मददगार साबित हो रहा है घर में बने मास्क व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने में भी मदद करते हैं मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार के मास्क समुदाय को बड़े पैमाने पर सुरक्षित रखने में सहायक होंगे

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस बारे में बताया कि वायरस की जांच के लिए अधिकृत निजी प्रयोगशालाएं और इलाज के लिए अस्पताल अब आयुष्मान लाभार्थियों के लिए मुफ्त उपलब्ध रहेंगे उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र को कोविड नाइन्टीन से निपटने के लिए प्रमुख भागीदार के रूप में काम करना चाहिए उन्होंने निजी प्रयोगशाला और अस्पतालों से सक्रिय योगदान करने की अपील की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की एक सौ बारहवीं जयती पर उन्हें श्रद्वाजलि अर्पित की है एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि बाबू जगजीवन राम ने निर्धन और उपेक्षित वर्गो के अधिकारों के लिए संघर्ष किया

उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों से कोरोना वायरस की चुनौती से लड़ने और जनता के हित में किए जा रहे उपायों पर सरकार को सहयोग देने की अपील की

पुलिसकर्मियों पर हमले की घटनाओं पर उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर आवश्यकता पड़ी तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका भी लगाया जाएगा उन्होंने कहा कि लोगों को पूर्णबंदी के दौरान घरों में रहने के लिए प्रेरित करने के लिए धर्मगुरूओं और समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों की मदद ली जा रही है